विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में तीन दिवसीय नेशनल अल्पाइन स्कीइंड एंड स्नो बोर्डिंग चौंपियनशिप शुरू और प्रदेश में मौसम का बदला मिजाजआज और कल ढाई हजार मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना

विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था

श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की

श्री गोखले ने कहा कि भारत आशा करता है कि पाकिस्तान अपने यहां जैश ए मोहम्मद द्वारा संचालित और अन्य आतंकी शिविर खत्म करेगा स्लग पीएम चुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है राजस्थान के चुरू में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश का शीश झुकने नहीं देंगे प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम को भी सलाम किया

साथ ही उत्तराखण्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं सप्लाई एसोसिएशन का भी गठन हुआ है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में ड्रोन का बहुआयामी उपयोग हो रहा है सुरक्षा सर्वे आपदा के समय इस्तेमाल स्वास्थ्य क्राउड कंट्रोल रेलवे लाईनों नदियों की देख रेख आदि महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है उन्होंने कहा कि यह आधुनिक तकनीक जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित हो रही है मुख्यमंत्री ने ऐसे कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी को जरूरी बताया उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से युवाओं और तकनीकि शिक्षा में बड़ा फायदा होगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें प्रदेश के हजारों छात्र प्रतिभाग करेंगे गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है

स्लग अजट टम्टा केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पांच साल के कार्य में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और सीमांत क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार कई महत्वाकांक्षी योजना संचालित कर रही है

औली पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि औली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में तैयार हो रहा हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और ओलंपिक संघ औली में इसी वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाने पर विचार कर रहा है

ओलंपिक संघ के कोऑर्डिनेटर प्रवीण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में छह तरह की रेस होगी

इस दौरान खिलाड़ियों ने बर्फ पर करतब भी दिखाए

कहीं धूप तो कहीं छांव का खेल लगातार जारी रहा फरवरी माह में प्रायः गर्मी का असर नजर आने लगता है लेकिन इस बार फरवरी माह के आखिरी दिनों में भी सर्दी का अहसास हो रहा है मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आज और कल दो से ढाई हजार मीटर उचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है साथ ही देहराद्रन हरिद्वार टिहरी पौडी पिथौरागढ़ नैनीताल उधमसिंहनगर और चम्पावत जैसे क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है

ऐसा नहीं होने पर संबधित ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों के वेतन से वसूली करने की चेतावनी दी है कल चमोली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्राम सभाओं को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है बावजूद इसके अभी भी यात्रामार्ग पर जगह जगह पॉलीथीन दिखाई दे रही है इस दौरान गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारियों को आगामी चारधाम यात्रा सीजन के लिए मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पूरे देश में महत्वपूर्ण है उन्होंने निर्देश दिये कि पिछले यात्रा सीजन में जो भी कमियां देखने को मिली उसे दूर करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को गूगल मैप पर भी चारधाम यात्रा मार्गों का रेग्यूलर अपडेट रखने और यात्रा के दौरान कैश की समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई को पत्र लिखकर आवश्यक कैश व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये